हरियाणा के परिवहन एवं जेल मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने सोनीपत के गांव धनाना में डाकघर कर्मचारियों दवारा गबन किये गये मनरेगा की राशि की रिकवरी के आदेश दिये पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ में लू चलनी शुरू ह्ई

एनडीए नेता नेता नरेन्द्र मोदी अब से कुछ ही देर में राष्ट्रपित में दूसरे कार्यक्रम के लिये प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उन्हें और मंत्रीपरिषद के अन्य सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलायेंगे समारोह में राज्यपाल म्ख्यमंत्री विपक्षी नेता फिल्मी सितारे और बिम्सटेक देशों के नेता शामिल हो रही है म्यामार के राष्ट्रपति यू विन म्यींट और श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीवाल सिरीसेना शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिये दिल्ली पहंच च्के है

शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने से थोड़ी देर पहले सांसद सदस्य जिनके मंत्रिपरिषद के शामिल होने की संभावना है ने प्रधानमंत्री से उनके आवास पर म्लाकात की आज स्बह प्रधानमंत्री ने भाजपा अध्यक्ष अमित शाह से अपने मंत्रिपरिषद के गठन के लिये अंतिम दौर की बातचीत की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह से पहले आज स्बह राजधाट गये और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की श्रद्वाजंलि अर्पित की श्री मोदी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्वाजंलि देने के लिये सदैव अटल समाधि पर भी गये भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह और पार्टी के कई अन्य नेता अटल स्मारक पर उपस्थित थे प्रधानमंत्री शहीदों को श्रद्वाजंलि देने के लिये राष्ट्रीय युद्व स्माकर पर भी गये

अस्थियों को दिल्ली सेना म्ख्यालय से एकत्र किया जायेगा जिसके लिये एक जे् सी ओ और एक जवन की विशेष डयूटी लगाई गई है हरियाणा सरकार द्वारा अल्कोहल और मादक पदार्थों की रोकथाम हेत् उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करने वाले व्यक्तियों व संस्थानों को राज्य प्रस्कार से नवाजा जाएगा

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि ये आवेदन प्रत्येक व्यक्ति या संस्था को अपने अपने जिला के जिला समाज कल्याण कार्यालय में जमा करवाने होंगे

प्रवक्ता ने आगे बताया कि सर्वश्रेष्ठ रोग निवारण अभियान सर्वश्रेष्ठ जागरूकता अभियान चलाने वाले व्यक्तियों के अतिरिक्त किसी प्रोफेशनल व गैर प्रोफेशनल व्यक्ति दवारा अर्जित विलक्षण उपलब्धि के लिये उनको राज्य प्रस्कार से सम्मानित किया जाएगा

हरियाणा के परिवहन एवं जेल मंत्री श्री कृष्ण लाल पंवार ने जिला सोनीपत के गांव धनाना में डाकधर कर्मचारियों दवारा मनरेगा के पैसे का गबन करने के आरोप साबित होने पर गबन की राशि रिकवरी के आदेश दिए हैं इसके साथ ही मंत्री ने गांव सबोली के आस पास के उदयोगों दवारा जमीन के नीचे दृषित पानी छोडऩे के संबंध में की गई शिकायत पर शिकायतकर्ता द्वारा बताए गए स्थानों से पानी के नमूने लेने के भी निर्देश दिए श्री पंवार आज सोनीपत में हई जिला एवं कष्ट निवारण समिति का मासिक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे

गांव महलाना निवासी रोशनलाल दवारा उसकी जमीन पर नाजायज कब्जा करने की शिकायत पर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मामले में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है गांव राजप्र के सरपंच के खिलाफ अन्शासनात्मक कार्रवाई की मांग पर खंड विकास एंव पंचायत अधिकारी मुरथल ने बताया कि इस मामले में एक व्यक्ति को गांव की जमीन ठेके पर दी गई थी और उसने इससे ज्यादा जमीन पर काश्त कर ली थी इस पर मंत्री ने निशानदेही करवाकर मामले में उचित कार्रवाई के निर्देश दिए पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ में तापमान बढ़ने से लू चलनी श्रू हो गई है

हमारे संवाददाता ने बताया कि तापमान में हो रही लगातार वृद्वि से चंडीगढ़ सहित कई जगह पानी की आपूर्ति में आ रही समस्या से लोगों का जीना बेहाल हो गया है

जिला फतेहाबाद के उपाय्क्त धीरेन्द्र खडगटा और प्लिस अधीक्षक विजय प्रताप सिह ने आज गांव टिब्बी का दौरा किया और गांव के गणमान्य व्यक्तियों से म्लाकात की

ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों ने भी गांव में शांति व्यवसथा और भाईचारा कायम रखने का भरोसा दिलाया है